राज्यपाल द्वारा भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के निर्णय को शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस ने चुनौती दी है

सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि राज्यपाल से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे यह जानने का प्रयास करें कि कौन सी पार्टी के पास पर्याप्त समर्थन है आज सवेरे न्यायालय में सुनवाई शुरू होते ही तुषार मेहता ने राज्यपाल और फडणवीस के वे पत्र सौंपे जो उसने कल सौंपने को कहा था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फडणवीस को आमंत्रित करने के पत्र की जांच के बाद शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अभी यह फैसला किया जाना है कि मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त है या नहीं

जोशी निधन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का आज देवास जिले के हाटपिपलिया में अंतिम संस्कार किया जायेगा उनकी पार्थिव देह जिले की सीमा दोलतपुर पहंचने पर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि दी इस दौरान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित कई नेता मौजुद रहे श्री जोशी का कल भोपाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था

राज्य सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है गांधीदर्शन पदयात्रा गांधी दर्शन पद यात्रा आज सीहोर जिले के अमलाह पहुंची यहां नागरिको और ग्रामीणों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया इस अवसर पर पद यात्रियों ने गांधीजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हमारे देश को फिर एक गांधी की जरूरत है जो देश में साम्प्रदायिक सदभाव व देश की अखंडता व संविधान की रक्षा कर सके मछली पालन जबलपुर के वेटरनरी विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के शोधकर्ता छात्रों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए किसान अब अपने घर के आंगन में भी मछली पालन कर सकेंगे

इस टैंक में रोह कतला सहित विभिन्न प्रजातियों की मछलियां तैयार की जा सकती हैं

चार दिवसीय इस धार्मिक समागम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की सामुहिक द्आ में प्रदेश के साथ ही देश और दुनिया में अमन चैन की कामना की गई

लक्ष्य स्कॉटिश ओपन जीतने वाले चौथे खिलाड़ी हैं

अब कुछ समाचार संक्षेप में मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कल ओरछा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की